राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय हित और राज्य के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा म्ख्य प्राथमिकता होनी चाहिए श्री मिश्रा ने रक्षा और नागरिक प्रशासन के बीच और अधिक बैठक और बातचीत पर जोर दिया राज्यपाल ने सीमा स्रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का स्झाव दिया उन्होंने सीमा स्रक्षा में स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में योगदान देने का सुझाव दिया राज्यपाल ने सेना के अधिकारियों स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायता के लिए किसानों से फल और सब्जियां खरीदने पर जोर देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों से स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने राज्यपाल और म्ख्यमंत्री को पूर्वोत्तर राज्यों में सैन्य बलों की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के लोगों के सहयो की प्रशंसा की बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल आर पी कलिता राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल एस सी मोहंती आई जी पी लॉ एण्ड ऑर्डर च्क् अपा आई टी बी पी के पूर्वोत्तर जोन के डी आई जी एस के शर्मा सहित राज्य के कई वरिष्ठ प्लिस अधिकारी मौजूस थे

राज्य में कोविड रिकवरी दर अद्वासी दशमलव आठ छह प्रतिशत और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर एक हजार छह सौ पैतालीस हो गई है कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से इक्कीस अपर स्बनसिरी से आठ अपर सियांग से सात तिरप और ईस्ट सियांग से पांच पांच वेस्ट कामेंग और लोअर स्बनसिरी से चार चार सियांग वेस्ट सियांग और लोंगडिंग जिले से तीन तीन मामले शामिल है इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट में आर टी पी सी आर लेबोरेट्री का उद्घाटन किया इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह मौजूद थी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों में रोगियों की स्विधा के लिए आवश्यक जांच की व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता के साथ धनराशि उपलब्ध करा रही है

भारतीय जनता किसान मोर्चा दवारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को आत्म निर्भर भारत मिशन के तहत सरकार दवारा दी जाने वाली सहैता के बारे में जानकारी दी गई स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग ने कहा कि फार्मर प्रोड्य्सर ऑर्गेनाइजेशन एफ पी ओ को गठित कर किसान एक बड़े क्षेत्र में चयनित फसलों की खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते है उन्होंने क्षःएत्र के किसानों से संगठित होकर सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की